केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा जनजातीय समुदायों का विकास नरेन्द्र मोदी सरकार की है प्राथमिकता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश के जिन शहरों को स्मार्ट सिटी में शामिल नही किया गया उसे राज्य सरकार अपने संसाधनों से स्मार्ट सिटी के रूप में कर रही है विकसित केन्द्रीय श्रम राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने कहा संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार जल्द लायेगी वेतन का दिन एक प्रणाली संसद के शीतकालीन सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक की संसद का शीतकालीन सत्र कल सोमवार से शुरू होकर तेरह दिसम्बर तक चलेगा बैठक के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने संवाददाताओं को बताया कि सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने सदन के कामकाज को सुगमता पूर्वक चलाने में सहयोग का आश्वासन दिया है उन्होंने कहा कि विपक्ष जो भी मुद्दा उठायेगा कार्य मंत्रणा समिति में विचार विमर्श के बाद उस पर चर्चा की अनुमति दी जाएगी हम सब मिलकर कोशिश करें कि सदन सुचारू रूप से चले व्यक्स्थाति चले अच्छी वाद विवाद हो वर्चा हो जनता के मुद्दे यहां पर उठाये जाएं और सभी राजनीतिक दलों ने विखास दिलाया है कि हम सब मिलकर सबकी सहमति से ठीक से चलाने का प्रयास करेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भाग लिया एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने सभी दलो के नेताओं और सांसदो के साथ प्रशंसनीय विचार विमर्श किया प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि संसद का यह सत्र् लामदायक रहेगा क्योंकि इसमें लोगों से जुड़े तथा विकास से सम्बंधित मुद्दो पर चर्चा होगी बैठक में संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद पटेल कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी डी एम के नेता टी आर बालू और तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंघोपाध्याय तथा अन्य नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने ऊपरी सदन में विभिन्न दलों के नेताओं की आज बैठक बुलाई है सरकार ने भी सत्र से पहले आज ही सर्वदलीय बैठक बुलाई है केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि जनजातीय समुदायों का विकास नरेन्द्र मोदी सरकार की प्राथमिकता है कल नई दिल्ली में आदि महोत्सव का शुभारंभ करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जब भी सत्ता में आई उसने हमेशा जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए कार्य किया देश का जो फेफड़ा है जो इस देश को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम कर रहा है हमारे जो जंगल हैं हमारे जो वन हैं उन वनों को संभालने का काम मेरे आदिवाती समाज के भाई और बहन कर रहे हैं करोड़ों आदिवाती भाइयों को बहनों को मैं आस्वस्त करना चाहता हूँ कि आपका विकास नरेन्द्र मोदी सरकार की प्राथमिकता है हमारे संवाददाता ने बताया है कि पन्द्रह दिन के आदि महोत्सव का विषय है जनजातीय संस्कृति शिल्यकला खान पान और वाणिज्य की भावना का उत्सव कल राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मीडिया के द्रूपयोग पर चिंता प्रकट की उन्होंने कहा कि आजकल व्यापारिक समूह और राजनीतिक दल भी अपने समाचार पत्र और चौनल शुरू कर रहे हैं इनके माध्यम से वह अपने निहित स्वार्थों को और पत्रकारिता के सिद्वांतों के साथ समझौता कर रहे हैं श्री नायडू ने कहा कि समाचारों को सनसनी खेज बनाना समाचारों का पक्षपात पूर्ण कवरेज और पेड न्यूज आज मीडिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है गैर संचारी बीमारियों के खतरों की चर्चा करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि पत्रकारों को इस संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए आगे आना चाहिए उन्होंने कहा कि ऐसी बीमारियां हमारी पीढ़ी को खत्म कर रही हैं उन्होंने कहा कि खराब जीवन शैली और खान पान की गलत आदतें ऐसी बीमारियों के लिए जिम्मेदार हैं इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय प्रस्कार प्रदान किए इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि फेक न्यूज पेड न्यूज से भी ज्यादा खतरनाक है और इससे कूशलतापूर्वक निपटने की जरूरत है उन्होंने कहा कि प्रेस की आजादी सशक्त लोकतंत्र के लिए आवश्यक है और सरकार प्रेस की पूरी स्वतंत्रता सुनिश्चित कर रही है उन्होंने कहा कि मीडिया को आलोचना का अधिकार है लेकिन इसे फेक न्यूज और झूठी तथा भ्रामक खबरें देने से बचना चाहिए

लोगों को न्यूज मिलने का अधिकार है मुझे लगता है कि फ्रीडम हेज ट् बी रिस्पान्सिबल फ्रीडम और वो रिस्पान्सिबल फ्रीडम हमें जरूरत है और आज फेक न्यूज का संकट है

प्रकाश जावडेकर ने कहा कि उन्नीस सौ पचहत्तर में आपातकाल के दौरान कांग्रेस ने मीडिया की आजादी पर अंकृश लगा दिया था श्री जावड़ेकर ने कहा कि मीडिया को जवाबदेह बनाए जाने की जरूरत है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश के जिन शहरों को स्मार्ट सिटी में शामिल नही किया गया है उसे राज्य सरकार अपने संसाधनों से स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित कर रही है इन शहरों में गोरखपुर को भी शामिल किया गया है मुख्यमंत्री कल गोरखप्र के नगर निगम परिसर में तेईस करोड़ पैंतालिस लाख की लागत से बनने वाले निगम सदन के कार्य का भूमि पूजन करने के बाद एक जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एक सौ सत्ताईस करोड़ अट्ठारह लाख की एक सौ अस्सी परियोजनाओं का शिलान्यास और पचपन करोड़ सैंतालिस लाख रूपये की तिरपन योजनाओं का लोकार्पण भी किया मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को नव निर्मित भवनों की चामी भी सौंपी अपने सम्बोधन में श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के विकास को एक नई दृष्टि दी है प्रत्येक नागरिक को विकास की इस प्रक्रिया से जोड़ना होगा सर्दियों के मौसम का जिक्र करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिये लखनऊ में नई व्यवस्था बनायी गयी है जिसके तहत अब किसी भी असहाय और बेसहारा व्यक्ति को फुटपाथ पर सोने नही दिया जाएगा उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिया कि सभी असहाय और बेसहारा लोगों को रैन बसेरों तक पहंचाया जाए और उनके लिये कम्बल और गर्म कपड़ों की व्यवस्था की जाए श्री योगी ने जन प्रतिनिधियों से अपील करते हये कहा कि वह रात में सड़कों पर निकलें और जरूरतमंदों को कम्बल और स्वेटर उपलब्ध करायें प्रदेश के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राज्यमंत्री धर्मसिंह सैनी ने कहा है कि खाद्य पदार्थो में मिलावट करने वालों के विरूद्व कड़ी कार्रवाई की जायेगी प्रदेश सरकार द्वारा खादय पदार्थो एवं औषधि के परीक्षण के लिए प्रयोगशालायें स्थापित की जा रही हैं श्री सैनी ने मेरठ के लाला लाजपतराय मेडिकल कालेज परिसर में स्थापित क्षेत्रीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला के सुद्दीकरण कार्यो का लोकार्पण और राजकीय मोबाइल प्रयोगशाला के उद्घाटन अवसर पर यह बात कही उन्होंने कहा कि मोबाइल प्रयोगशाला में ऑन द स्पाट खादय पदार्थो के परीक्षण की व्यवस्था की गयी है श्री सैनी ने कहा कि प्रदेश में अमी छः प्रयोगशालायें स्थापित हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर और कानपुर मुख्यालय में भी प्रयोगशालायें स्थापित किये जाने के लिए स्वीकृति दे दी है उन्होंने बताया कि प्रत्येक मण्डल मुख्यालय पर एक प्रयोगशाला स्थापित करने के प्रयास किये जायेंगे केन्द्र सरकार देश में वेतन का दिन एक प्रणाली लाने की तैयारी कर रही है केन्द्रीय श्रम राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने बताया कि संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार इस व्यवस्था को लागू करने की दिशा में काम कर रही है श्री गंगवार नई दिल्ली में सेक्योरिटी लीडरशिप समिट दो हजार उन्नीस में कहा कि अलग अलग सेक्टर के कर्मचारियों का वेतन समय पर सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में एक ही दिन वेतन दिये जाने का प्रावधान होना चाहिए उन्होंने कहा कि फ्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चाहते हैं कि इसके लिए जल्द ही कानून बनाया जाये श्रम राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए समी सेक्टरों में एक समान न्युनतम वेतन की दिशा में भी काम कर रही है और तीन माह के अंदर यह प्रणाली लागू कर दी जायेगी श्री गंगवार ने कहा कि जिन मजदूरो को प्रतिदिन वेतन दिया जाता है उनके लिए वेतन देने का समय भी निर्धारित हो इसका प्रावधान भी सरकार लाने वाली है

इस प्लेटफार्म से अब रात में भी ताजमहल को देखने वाले देशी विदेशी पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा